भिंड मुरैना में चंबल नदी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई है

वहीं मुरैना का नदुआपुरा गांव टापू बन गया है यहां ग्वालियर में तैनात सेना की ग्रेनेडियर्स और झांसी की इंजीनियरिंग कोर की टीम रेस्क्यू कर रही हैं मुरैना जिले के कोठरी गांव में लोगों का रेस्क्यू कर रही एक नाव डूब गई इस दुर्घटना में एक बच्ची की मौत हो गई वहीं एक महिला लापता है

आज दोनों ही जिलों में धूप खिलने से लोगों ने राहत की सांस ली

इस दौरान उन्होंने कहा कि गांधी सागर बांध को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है उन्होंने कहा कि बांध पूरी तरह से सुरक्षित है

राजस्व विभाग ने नुकसान की सर्वे रिपोर्ट तैयार कर ली है जिसे केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा उधर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मंदसौर जिले के अफजलपुर रामपुरा और मल्लहारगढ़ में किसानों के बीच पहुंचे इस दौरान उन्होंने कहा कि वे यहां विरोध के लिये नहीं बल्कि सहयोग के लिये आये हैं श्री चौहान ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि पीड़ितों को तुरन्त सहायता मुहैया कराई जाए

खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने किसानों से समय सीमा में पंजीयन कराने का अनुरोध किया है श्री तोमर ने बताया कि पंजीयन एमपी किसान एप ई उपार्जन मोबाईल एप और ई उपार्जन केन्द्रों पर कराया जा सकेगा

जावडेकर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि देश में बहत से समाचार चैनल हैं लेकिन लोग विश्वसनीय समाचारों के लिए दूरदर्शन को देखते हैं उन्होंने कहा कि दूरदर्शन सनसनीखेज नहीं बल्कि सही समाचार देता है

संत समागम राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में आज से दो दिवसीय संत समागम कार्यशाला शुरू हुई कार्यशाला में प्रदेश के करीब एक हजार संत पुजारी और महंत शामिल हो रहे हैं